मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए केन्द्र सरकार से कोयला और खनिजों की नीलमी पर छह से नौ महीनों तक रोक लगाने का अनुरोध किया झारखंड में दो दिन पहले पहुंचा मॉनसून रांची रामगढ़ खूंटी पूर्वी और पष्चिमी सिंहभूम में हो रही है मॉनसून की बारिष राज्य में कल कोरोना के छियासठ नये मरीज मिलने के बाद क्ल संकमितों की संख्या बढ़कर एक हजार सात सौ तेईस हो गयी है अच्छी खबर यह है कि कल एक सौ इक्तीस मरीज स्वस्थ हए बड़ी संख्या में कोरोना संकमितों के स्वस्थ होने से रिकवरी रेट छह फीसदी बढ़कर सैतालीस दषमलव छह नौ प्रतिषत हो गयी है अब तक आठ सौ सोलह मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि राज्य में कुल एक्टिव केस आठ सौ निन्नयाबें है कल कोडरमा से पैंतीस रामगढ़ से छह चतरा सिमडेगा पष्चिमी सिंहभूम और सरायकेला से तीन तीन गढ़वा से दो तथा पूर्वी सिंहभूम और रांची से एक एक पॉजिटिव मिले

बैठक में महामारी से निपटने की राष्ट्रीय स्तर पर तैयारियों की समीक्षा की गई बैठक में गृहमंत्री स्वास्थ्य मंत्री प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कैबिनेट सचिव स्वास्थ्य सचिव भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और अधिकार प्राप्त समूहों के अधिकारियों ने भाग लिया

बड़े शहरों की चुनौतियों को देखते हुए अस्पतालों में बिस्तर बढाने और प्रभावी इलाज उपलब्ध कराने पर भी चर्चा की गई प्रधानमंत्री ने शहर और जिलावार अस्पतालों और आइसोलेशन बिस्तरों की आवश्यकता पर अधिकार प्राप्त समूह की सिफारिशों को संज्ञान में लिया उन्होंने इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के साथ सलाह मशविरा करके आपात योजना बनाने के निर्देश दिए श्री मोदी ने मॉनसून को देखते हुए उचित तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा

सूंघने और स्वाद की क्षमता के खत्म होने को कोरोना वायरस के संक्रमण के नए लक्षण में शामिल किया गया है

मंत्रालय ने सलाह दी है कि रेमडेसिविर उन रोगियों को दी जा सकती है जो संक्रमण से मध्यम स्तर पर संक्रमित हैं और ऑक्सीजन पर निर्भर हैं कन्वालेसेंट प्लाज्मा उन रोगियों को दिया जाना चाहिए जो ऑक्सीजन पर निर्भर हैं और स्टेरॉयड के इस्तेमाल के बावजूद उनकी ऑक्सीजन की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल संक्रमण की शुरूआत में किया जाना चाहिए और गंभीर रूप से पीडित मरीजों को यह नहीं दी जानी चाहिए सामान्य तौर पर दवा देने से पहले मरीज की ई सी जी की जानी चाहिए

यह पोर्टल आपूर्ति श्रंखला में आ रही बाधाओं को दूर करने में मदद करेगा इस पोर्टल का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर देखभाल संबंधी सामग्री के संबंध में सूचना प्रबंधन और भविष्य की जरूरतों का आकलन करना है इस पोर्टल पर स्वास्थ्य देखभाल संबंधी वस्तुओं की मांग और आपूर्ति की जानकारी उपलब्ध होगी इससे अस्पतालों प्रयोगशालाओं शोध संस्थानों चिकित्सा कॉलेजों और रोगियों को मदद मिलेगी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने कहा है कि आने वाले वर्षो में आरोग्य पथ स्वास्थ्य देखभाल की सूचना देने वाला प्रमुख केंद्र होगा इससे उपभोक्ताओं और आपूर्तिकताओं के बीच दूरी घटेगी तथा उचित दरों पर चिकित्सा उपकरण उपलब्ध हो सकेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के सुझाव पर गोड्डा में बिरसा हरित ग्राम योजना कार्यक्रम के लिए उपाय तेज कर दिए गए हैं गोड्डा उपायुक्त किरण कुमारी पासी ने सभी पदाधिकारियों को किसानों की जमीन पर आम अमरूद और नींबू जैसे फलदार पौधे लगाने के निर्देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिये उन्होंने कहा कि गोड्डा जिले में एक हजार चार सौ एकड़ जमीन पर मिश्रित फल बागवानी के कार्यों में तेजी लाई जाए इस कार्य में प्रवासी श्रमिकों को अधिक से अधिक संख्या में लगाया जाए ताकि आगामी कुछ दिनों में ही कार्य संपन्न हो जाए इस बार गोड्डा में मानसून पूर्व अच्छी बारिश हुई है इसलिए बागवानी और कृषि कार्य के लिए मिट्टी में काफी नमी पाई जा रही है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मीडिया में उन खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है जिनमें उनके हवाले से फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एम एस पी घटाने की बात कही गई है उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें न केवल असत्य हैं बल्कि दुर्भावना से भी प्रेरित हैं श्री गडकरी ने कल एक बयान जारी करके कहा कि वे हमेशा विभिन्न तरीकों से किसानों की आय बढाने की पैरवी करते रहे हैं उन्होंने कहा कि किसानों को बेहतर आय उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और इसी भावना के अनुरूप एम एस पी बढाया गया है उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों को बेहतर कीमतें देने के लिए फसल पद्वति में परिवर्तन की संभावना तलाशने की जरूरत है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

इस कारण कई निवेषक नीलामी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे इतना ही नहीं आज निवेषक आर्थिक संकट के दौर से भी गुजर रहे हैं इस वजह से नीलामी का उद्देष्य पूरा नहीं हो सकेगा

कोडरमा जिले में कोरोना मरीजो की संख्याएक सौ पहुंच गयी है

रामगढ़ जिले में कल देर शाम एक व्यक्ति के कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि की गई है जो दुलमी प्रखंड का रहनेवाला है संक्रमित पाए गए व्यक्ति की दिल्ली से वापस लौटने की ट्रेवल हिस्ट्री रही है द्मका जिले के मजदूर चीन से जुड़ी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सड़क निर्माण कार्य में हिस्सा लेने लेह और लद्दाख के लिए रवाना होने लगे हैं साहिबगंज जिला प्रशासन की ओर से बरहेट के भोगनाडीह में शहीद सिदो कान्हू के वंशज रामेश्वर मुर्म की मृत्यू के बाद उनके परिजन को पेंशन स्वीकृति का पत्र दिया गया बरहेट पुलिस ने खेत से रामेश्वर मुर्मू का शव बरामद किया था जिला प्रशासन द्वारा मामले में तत्काल संज्ञान लिया गया और प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि इन्हें पारिवारिक लाभ योजना भी स्वीकृत की गयी है आज विष्व रक्तदाता दिवस है

उन्होंने कहा है कि यह समाज के उन योद्धाओं की बदौलत हुआ है जिन्होंने हर हाल में रक्तदान का अपना धर्म निभाया है मुख्यमंत्री ने ऐसे सभी स्वैच्छिक और प्रतिबद्ध रक्तदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया है झारखंड में इस बार तय समय से पहले मॉनसून ने दस्तक दे दी है मौसम विभाग के रांची केन्द्र के निदेषक एसडी कोटाल ने आकाशवाणी को बताया कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आये चक्रवाती तूफान अम्फान के कारण बने कम दबाव के क्षेत्र के चलते मानसून तय समय से दो दिन पूर्व ही झारखंड पहुंच गया है श्री कोटाल ने बताया कि केरल में इस वर्ष एक जून को पहुंचा दक्षिण पश्चिम मानसून ओड़िशा और पश्चिम बंगाल होते हुए शुक्रवार को राज्य में प्रवेश कर गया था और आज इसने राजधानी रांची समेत लगभग पूरे झारखंड राज्य में दस्तक दे दी है मानसून के चलते पूरे झारखंड में अगले पांच दिन तक गहरे बादल छाये रहने तथा मध्यम से भारी वर्षा होने का अनुमान है

पिछले दो दिनों से मौसम में बदलाव के कारण राज्य के लगभग हर हिस्से में लोगों को बढ़ती गर्मी की लहरों से राहत मिली है